स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा बिहार में भी जल्द शुरू होगा तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान

त्रिप्रारि शरण राज्य के नये मुख्य सचिव बनाये गये

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें देशभर में कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है इस चरण में अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड उन्नीस की टीका लगाया जा रहा है इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं अब तक को विन पर दो करोड़ छियासठ लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा

इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दी है

केन्द्र अपने हिस्से से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली बिहार में टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण आज से अठारह से चौवालीस वर्ष के आय् के लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं शुरू हो पाया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जल्द इस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा उन्होंने कहा कि इस महीने बिहार को कोविड टीके की सोलह लाख ख्राक प्राप्त होगी हालांकि टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी प्रदेश में अब तक इकहत्तर लाख तिरपन हजार नौ सौ लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौहत्तर हजार छह सौ चौदह लोगों को टीका लगाया गया है इधर देशभर में अब तक पन्द्रह करोड़ उनचास लाख नवासी हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं रूस से कोविड उन्नीस वैक्सीन स्प्तनिक फाइव की पहली खेप आज हैदराबाद पहंची रूस के इस टीके से अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड पन्द्रह हजार आठ सौ तिरपन नये मामले सामने आयें इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख सत्तर हजार तीन सौ सत्रह हो गयी है सबसे अधिक दो हजार आठ सौ चौवालीस मामले पटना जिले से आये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह हजार एक सौ चौरानवे कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तीन लाख बासठ हजार तीन सौ छप्पन हो गयी है वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख पांच हजार चार सौ है कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर सतहत्तर दशमलव शून्य पांच प्रतिशत हो गयी है देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या बत्तीस लाख छियासठ हजार से अधिक है देश में कल चार लाख एक हजार नौ सौ तिरानवे लोगों में कोविड संक्रमण की प्रष्टि हई वहीं पिछले चौबीस घंटे में दो लाख निन्यानवे हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए अब तक देश में एक करोड़ छप्पन लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं राजद नेता और सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना संक्रमण से आज सुबह मृत्यु हो गयी उनका इलाज दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा था मुख्यमंत्री नीतीश क्मार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है जानेमाने कानूनविद् और सुप्रीम कोर्ट में बिहार के विधि अधिकारी केशव मोहन का आज कोविड के कारण निधन हो गया मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने उनके निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त किया है इधर डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार की भी कोविड महामारी से मृत्यु हो गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा नेता और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी का आज समस्तीपुर जिले के जितवारपुर स्थित ब्रूढ़ी गंडक नदी के घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया गौरतलब है कि कोविड संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य के गरीब परिवारों को मई और जून महीने का मुफ्त अनाज का वितरण छह मई से किया जायेगा इसके अन्तर्गत आठ करोड़ इकहत्तर लाख लाभार्थियों को अनाज मिलेगा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव विनय क्मार ने बताया कि लाभूक परिवार के हर सदस्य को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूँ दिया जायेगा उन्होंने कहा कि लाभार्थी परिवारों का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया जायेगा गौरतलब है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने राज्य सरकार को आठ लाख सत्तर हजार टन अनाज का आंवटन कर दिया है त्रिपुरारि शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है श्री शरण उन्नीस सौ पचासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वे वर्तमान में राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष है गौरतलब है कि मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह का कल कोरोना से निधन हो गया था जिससे नई पदस्थापना की गयी है आज छह अन्य आईएएस अधिकारियों की भी नई पदस्थापना की गयी है संजीव कुमार सिन्हा को राजस्व बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है मिहिर कुमार सिंह को तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का नया आयुक्त बनाया गया है जबकि प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल का नया कमिश्नर बनाया गया वे मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त का भी कार्यभार देखेंगे वहीं मनीष कुमार अब सिर्फ दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे इधर वरिष्ठ अधिकारी वन्दना किनी को श्रम संसाधन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है उनके पास कला संस्कृति और युवा विभाग का भी प्रभार रहेगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि यह हानिकारक हो सकती है साउंड बाईट रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं उसके अपने इंडिकेशन हैं इसलिए वो घर पर बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं हैं और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा कि लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है उससे नुकसान भी हो जाता है इसलिए घर पर रेमडेसिविर बिल्कुल न लें अगर आपको लगे कि आपकी सैचूरेशन जो है वो कम हो रही है

आप खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें वो बहुत जरूरी है जिससे आपको समय पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पर ट्रीटमेंट हो जाएगा केन्द्र ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए आठ हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ से अधिक रुपये की अग्रिम राशि जारी की है राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुये पटना जिले की सभी निचली अदालतों में कामकाज तीन मई से बारह मई तक बंद करने का निर्णय किया गया है प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने कहा है कि हालांकि इस दौरान केवल रिमांड संबंधी कार्य होंगे कोविड संक्रमण के मददेनजर राज्य के विश्वविद्यालयों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है यह तीस मई तक चलेगा इधर शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों और कोचिंग में हर दिन पच्चीस प्रतिशत कर्मी ही कार्यालय आयेंगे यह दिशा निर्देश पन्द्रह मई तक जारी रहेगा बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ ने कोविड के खतरे को देखते हुये सरकार से राज्य के स्कूलों में समय से पहले ही गर्मी छ्टटी घोषित करने की मांग की है संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडेय ने कहा है कि स्कूलों में पठन पाठन बंद है लेकिन शिक्षकों की आवाजाही से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हए कहा है कि वे अब अपने केवाईसी को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ई मेल से भेज सकते है इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है बैंक ने टवीट में कहा है कि कई राज्यों में कोविड के बढते मामलों और लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया गया है बैंक ने यह भी कहा है कि केवाईसी का नवीनीकरण न कराने पर इस महीने की इकतीस तारीख तक ग्राहकों की आइडेंटिफिकेशन फाइल की आंशिक फ्रीजिंग नहीं की जाएगी पूर्व कोन्द्रीय मंत्री और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के पिता डॉक्टर नागेश्वर शर्मा का आज पटना में देहांत हो गया वे जाने माने शिक्षाविद् थे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे थे मौसम विभाग ने चार मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा शिवहर सारण सीवान गोपालगंज सुपौल अररिया कटिहार पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण सहित राज्य के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के जिलों में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि मौसम के रूख में तेजी से बदलाव जारी रहेगा

यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है इधर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिक भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं इधर शेखपुरा जिला प्रशासन द्वारा विश्व श्रमिक दिवस पर स्ट्रेंट और श्रमिक परामर्श एवं रोजगार केंद्र की स्थापना की गयी केन्द्र पर एक विशिष्ट रोजगार सलाहकार नियुक्त किया जायेगा जो रोजगार के संबंध में छात्रों और श्रमिकों को आवश्यक जानकारी सुलभ करायेगा पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडियाकर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने तथा उनके त्वरित टीकाकरण किये जाने एवं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग की है इधर प्रेस नियामक संस्था भारतीय प्रेस परिषद ने भी केन्द्र सरकार से संक्रमित पत्रकारों की चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी मदद करने की अपील की है

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा बिहार में भी जल्द शुरू होगा तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान

त्रिप्रारि शरण राज्य के नये मुख्य सचिव बनाये गये